प्रधानमंत्री सरदार सरोवर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास संभव है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में श्री मोदी ने कहा कि हमने यह सिद्ध कर दिया है कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ भी विकास किया जा सकता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं और आगे भी लोगों की भलाई के लिए इसी गति से काम किया जाएगा बाढ़ आरोप जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरदार सरोवर बांध को गुजरात सरकार द्वारा समय से पहले भरे जाने के कारण धार एवं बड़वानी जिले में लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में श्री शर्मा ने कहा कि नर्मदा कंट्रोल अथारिटी द्वारा जारी जलभराव संबंधी शेडयूल का पालन गुजरात सरकार द्वारा नहीं किया गया

बाढ़ स्थिति राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति अब नियंत्रण में है बाढ़ से प्रभावित मंदसौर नीमच भिंड और मुरैना जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य जारी है

मुरैना में चंबल के बढ़ते जलस्तर और प्रभावित गांव का हवाई सर्वे किया जा रहा है

मंदसौर और नीमच में भी अब हालात पहले से बेहतर हैं

इस कार्यक्रम में प्रदेश के करीब एक हजार संत पुजारी और महंत शामिल हुये समागम की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहें इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत की हजारों साल पुरानी पहचान अध्यात्मिक शक्ति की वजह से है मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़कर रखना होगा इससे हमारी अध्यात्मिक शक्ति सभ्यता और संस्कृति की मजबूती बनी रहेगी संत समागम का उद्देश्य संतों की समस्याओं और मांगों को जानना है

कई स्थानों पर मंदिरों में प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए कामना की गई उमरिया में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दिव्यागों छात्रों के साथ श्री मोदी का जन्मदिन मनाया वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी भाजपा नेताओं के साथ गुरुद्वारे पहुंचे और प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना की गई श्री लालवानी ने बताया कि पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है इसके तहत रक्तदान प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संकल्प सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेवा सप्ताह के तहत मंदसौर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कचरे को साफ किया सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सादगी के साथ मनाया इस दौरान सुश्री ठाकुर ने वृद्वाश्राम में बुजुर्गों को वस्त्र और फल वितरित किये मुरैना में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वृक्षारोपण कर श्री मोदी का जन्मदिवस मनाया बैतूल में सांसद डीडी उइके के साथ कृषि वैज्ञानिक और जनप्रतिनिधियों ने रैली निकालकर स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया श्योपुर छतरपुर सागर भिंड अनूपपुर उमरिया नरसिंहपु जबलपुर अशोकनगर गुनाविदिशा रायसेनखंडवा और खरगोन सहित विभिन्न जिलों से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाये जाने के समाचार मिले हैं जल अतिक्रमण मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश की नदियों तालाबों और अन्य जल स्त्रोतों पर सभी अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा उन्होंने कहा कि जल स्त्रोतों पर अतिक्रमण को अपराध माना जाएगा मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में पानी का अधिकार एक्ट के लिए गठित जल विशेषज्ञों की समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी का अधिकार एक्ट का प्रारूप शीघ्र बनाया जाए जिससे इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सके

कवि निधन प्रख्यात कवि माणिक वर्मा का आज सुबह इंदौर में निधन हो गया उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा अस्वस्थ होने के बाद भी कविताओं को लेकर वे लगातार सक्रिय बने रहे